पूरे प्रदेष में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पचपन नए कोरोना मरीज मिले कुल संक्रमितों की संख्या दो हजार आठ सौ सत्तर पहुंची केन्द्र सरकार ने सभी विष्वविधालयों और षैक्षणिक संस्थानों को लंबित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी झारखंड में दोबारा सक्रिय हुआ मॉनसून रांची जमषेदपुर समेत कई इलाकों में हो रही है अच्छी बारिष आवास केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एक लाख बत्तीस हजार एक सौ चालीस लोगों को घर उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है राज्य सरकार ने आवास उपलब्ध कराने को लेकर केन्द्र को सूची भेजी थी जिसे सहमति दे दी गई है केन्द्र सरकार ने सूची में षमिल लोगों के नाम आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देष दिया है वहीं राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार नब्बे प्रतिषत लोगों का नाम आधार से जोड़ दिया गया है जबकि षेष लोगों को जोड़ने के लिए निर्देष जारी किया गया है वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय ने झारखंड में सोलर सिटी बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है इस योजना के तहत राज्य में एक ऐसा षहर होगा जिसमें सभी घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगेगा इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और जरेडा को राज्य में ऐसा षहर चिन्हित करने का निर्देष दिया है जहां सूरज की रोषनी साल के अधिक दिनों तक रहती है कोरोना झारखंड राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पचपन नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या दो हजार आठ सौ सत्तर पहुंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या सात सौ बिरासी है कल मिले नए संक्रमितों में पूर्वी ॅसिहंभूम के चौबीस रांची के दस सरायकेला के आठ हजारीबाग के चार चतरा के तीन लोहरदगा और कोडरमा के दो दो जबकि पलामू और लातेहार के एक एक कोरोना संक्रमित षामिल हैं वहीं राज्य में कल तेईस मरीज स्वस्थ हुए हैं इसी के साथ स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दो हजार अड़सठ हो गई है

शोधार्थियों ने कोविड संक्रमण के फैलने के सम्बंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों पर पुनर्विचार की अपील की है

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशकशेखर मांडे ने लोगों से पूरी सुरक्षा बरतने का आग्रह किया है श्री मांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही कोविड संक्रमण के सम्पर्क में आने की आशंका महत्वपूर्ण रूप से कम की जा सकतीहै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

इस अभियान के तहत कई योजनाओं कोषामिल किया जा रहा है

गृहमंत्रालय ने इस संबंध में केन्द्रीय उच्च षिक्षा सचिव को पत्र भी भेजा है जिसमें विष्वविधालय अनुदान आयोग यूजीसी और विष्वविधालय के अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार सालाना परीक्षा सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए ली जाएगी केन्द्र से निर्देष के बाद कल यूजीसी की बैठक में सितम्बर में परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया

सस्ती दर पर लोन मिलने पर किसानों में ख्षी की लहर है बैंक ऑफ इंडिया की गिरिडीह षाखा के प्रबंधक रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को केसीसी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है

भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की हत्या के बाद कल बरवाडीह पहुंचे पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने कहा कि एसआइटी गठित कर दी गई है टीम में बरवाडीह डीएसपी व इंस्पेक्टर तथा महुआडांड़ डीएसपी के अलावा बरवाडीह मनिका और गारू के थाना प्रभारी शामिल किए गए हैं टीम को हत्या से जुड़ी सभी बिंदओं पर गहन जांच का निर्देश दिया गया है इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष सहित अन्य नेताओं ने कहा कि झारखंड में अपराधियों और उग्रवादियों का मनोबल बढ़ गया है हाईकोर्ट भाजपा विधायक नवीन जायसवाल और विरंची नारायण ने अपने आवास खाली कराने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है उनकी ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दाखिल की है

इस आवास में इनके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं

मालूम हो कि भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और रांची एसडीओ ने विधायकों को पत्र लिखकर आवास खाली करने को कहा है

राजधानी रांची डाल्टनगंज जमषेदपुर सहित राज्य के कई इलाकों में पिछले चौबीस घंटे के अंदर अच्छी बारिष हुई है रांची में कल तेरह मिलीमीटर बारिष हई है और आज सुबह बारिष के बाद बादल छाए हुए हैं वहीं डाल्टेगंज में कल इक्कीस मिलीमीटर और जमषेदपुर में तेईस मिलीमीटर बारिष हुई है मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उतरी जिलों में अच्छी बारिष हो सकती है वहीं कुछ इलाकों में वजपात की भी संभावना है

यह जानकारी पुलिस मुख्यालय की प्रवक्ता सह आइजी प्रोविजन सुमन गुप्ता ने कल राजधानी रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में दी

श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निर्भया फंड से महिला सहायता डेस्क को सुद्रेढ़ बनाया जाएगा

रांची विश्वविद्यालय ने कल एमबीए का परीक्षाफल जारी कर दिया

रांची के तुपुदाना स्थित टेंडर हार्ट स्कूल के पास कल तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक पर सवार तीन युवर्को को कुचल दिया जिसमें दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है रांची के चान्हो क्षेत्र में रांची अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सीएच बाड़ा ने कल कई खाद बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया इस क्रम में बगैर लाइसेंस के खाद बीज की बिक्री कर रहे तीन दुकानों को सील कर दिया है

अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाषित किया है आज प्रकाषित होनेवाले लगभग सभी अखबारों ने भारत चीन सीमा स्थित गलवान घाटी से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर को प्रमुखता से प्रकाषित किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लद्दाख दौरे के अड़तालीस घंटे के अंदर चीन ने एलएसी से अपनी सेना हटाकर विवाद को आगे नहीं बढ़ाने के संकेत दिए है दैनिक हिंदुस्तान प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने सावन की पहली सोमवारी पर राज्य के प्रमुख मंदिरों में इस वर्ष भक्तों के ऑनलाइन दर्षन की की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने झारखंड में मॉनसुन के दोबारा सक्रिय होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने देष भर में एक सौ टेस्ट में दस कोरोना मरीज मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाषित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विष्वविधालयों को परीक्षा लेने की इजाजत मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाषित किया है